राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी का सिलसिला जारी

पटना एम्स में इसी माह से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू

शहरी क्षेत्रों में सुबह छह से दस बजे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक दुकानें खुली रहेंगी कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर द्रसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कोरोना का फैलाव रोकने के लिये बड़े पैमान पर इंतजाम करने को कहा है उन्होंने कोरोना की वर्तमान रिथिति और टीकाकरण अभियान को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है एक रिपोर्ट साउंड बाईट प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिला स्थिति जांच क्षमता ऑक्सीजन की उपलब्धता स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढ़ांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्तुतिकरण दिए श्री मोदी ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले राज्यों में स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों ने आरटी पीसीआर और रेपिड एंटीजन जांच बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटीलेटर का उपयोग न किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की

अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे कोविड संक्रमण दर घट रही है और विमिन्न हिस्सों में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हो रही है और बैठक के दौरान भविष्य में टीके की उपलब्धता की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया श्री मोदी ने अधिकारियों को टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की संख्या और दायरा बढ़ाने का भी निर्देश दिया कोविड हेल्थ सेंटर और अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के साथ वर्जूअल बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिली है उन्होंने इसके प्रति सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने की बात कही है इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया प्रदेश में पिछले चार दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है जबकि स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सात हजार तीन सौ छत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना जिले में एक हजार दो सौ दो नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा समस्तीपुर जिले में तीन सौ बानवे भागलपुर में तीन सौ इकसठ मधुबनी में तीन सौ साठ वैशाली में तीन सौ तिरपन बेगूसराय में तीन सौ चौंतीस और गया जिले में दो सौ पचासी नये संक्रमितों की पहचान हुई है अन्य जिलों से भी नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर प्रदेश में स्वस्थ होने का दर छियासी दशमलव छह तीन हो गया है पिछले चौबीस घंटों में चौदह हजार तीन सौ चालीस मरीज स्वस्थ हुये हैं यह संख्या नये संक्रमितों से लगभग दोगुनी है प्रदेश में अब तक पांच लाख अंठावन हजार सात सौ पचासी व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना महामारी से अब तक तीन हजार सात सौ तैंतालीस लोगों की मौत हुई है फिलहाल सक्रिय मामालें की संख्या बयासी हजार चार सौ छियासी है प्रदेश में कल कुल एक लाख चौबीस हजार एक सौ चार लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये इस प्रकार अब तक प्रदेश में नबासी लाख अठासी हजार नौ सौ इक्यासी लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार जरूरत पूरी करने के लिए खुले बाजार से कोविड वैक्सीन खरीदने को तैयार है उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से अधिक से अधिक कोविड टीके खरीदने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि कोविड टीके की पहली डोज के बाद उचित समय पर दूसरी डोज भी लेना बहुत जरुरी है

पटना एम्स के नोडल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि तेरह मई को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों पर को वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी भारत बायोटेक को दी है उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक दो से अठारह साल के बच्चों पर इसके ट्रायल की शुरूआत की जायेगी श्री कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने ट्रायल की सिफारिश की थी प्रदेश में पच्चीस मई तक प्रभावी रहने वाले लॉकडाउन दो के लिये संशोधित दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गये हैं इस अवधि में पिछले लॉकडाउन की पाबंदियां भी लागू रहेंगी नये दिशा निर्देश के अनुसार राशन की दुकानें डेयरी सब्जियों और मांस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह छह बजे से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक खुली रहेंगी निर्माण सामग्री बीज और उर्वरक की दुकानें सप्ताह में दो बार सोमवार और ब्रहस्पतिवार को सुबह छह बजे से दस बजे तक खोली जाएंगी विवाह समारोह में केवल बीस लोग शामिल हो सकेंगे अंतिम संस्कार में भी बीस लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी निजी वाहनों के आवागमन के लिये ई पास लेना अनिवार्य होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले बारह दिनों में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट होने और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब इस महीने की तीन तारीख से उपचार करा रहे मरीज सत्रह दशमलव एक प्रतिशत से घटकर पंद्रह दशमलव एक प्रतिशत हो गए हैं स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ और यह इक्यासी दशमलव सात प्रतिशत से बढकर तिरासी दशमलव आठ प्रतिशत हो गई है श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले चार पांच दिनों से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक हो गई है

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेराइड का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए

दूसरा ये इंपोर्टेट चीज है स्टेरॉयड का डोज जो है हाई डोज स्टेरॉयड कई दफा दिये जाते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है

अगर हम बहुत हाई डोज स्टेरॉयड देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी इंफैक्शन के चांसिज भी बढ़ेगें तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि पांच से दस दिन तक मैक्सिमम् स्टेरॉयड की जरूरत पड़ती है मैज्योरिटी ऑफ कोविड पेशंट में बहुत लंबे टाइम स्टेरॉयड देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम मोर डिफिकल्ट डा गुलेरिया ने कहा कोविड प्रबंधन को ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचना चाहिए केन्द्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ डोज करने की योजना बनाई है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम वैक्सीन निर्माण से जूड़ेगें जिससे प्रतिमाह इसका उत्पादन बढ़कर तेरह करोड़ डोज हो जाएगा उन्होंने बताया कि इन तीनों कंपनियों के साथ कोवैक्सीन की तकनीक साझा की जा रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रयास तेज कर दिया गया है राज्य के अंठानवे बेड वाले पंद्रह अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट लगाया जायेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण दवाई अस्पताल में भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इंकार किया जा रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इंकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है गृह विभाग ने शवों की अंत्येष्टि को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है सरकार ने गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद नदी से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है जारी दिशा निर्देश के अनुसार शवदाह स्थलों या अन्य किसी स्थान पर बिना जला अधजला या बिना दफनया हुआ शव नहीं छोड़ा जायेगा लावारिश शव मिलने पर भी नियम के तहत उसकी सम्मान पूर्वक अत्येंष्टि की जायेगी सरकार ने शवों के अंतिम संस्कार के लिये कबीर अंत्येष्टि अनुदान लाभुकों को दिलाना सुनिश्चित करने को कहा है प्रदेश में पश्मिच से आने वाली गर्म हवा के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेश में पछुवा हवा का वहना शुरू हो गया है कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि राज्य में औसतन एक से दो डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है

विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में इस महीने की इकतीस तारीख तक पहुंच सकता है इसमें चार दिनों का अंतर हो सकता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गावों में संक्रमण की जांच बढ़ेगी दैनिक जागरण ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमुखता से छापते हुये लिखा है समय पर इलाज नहीं तो निजी अस्पताल जबावदेह दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार में ब्लैक फंगस से दो लोगों की मौत पटना में चौदह और मरीज मिले प्रभात खबर ने नगर विकास विभाग के निर्देश को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अब ई मेल पर भी मिल जायेगा मृत्यु प्रमाण पत्र राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है कोरोना की दूसरी लहर स्थिर चौबीस राज्यों में संक्रमण दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक दैनिक आज की सुर्खी है बिहार में टूट रही कोरोना संक्रमण की चेन

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी का सिलसिला जारी

पटना एम्स में इसी माह से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू

शहरी क्षेत्रों में सुबह छह से दस बजे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक दुकानें खुली रहेंगी